इन जवानों ने पिछले वर्ष हमले में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की है श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र पिछले वर्ष पुलवामा में आतंकी हमले में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले बहादुर जवानों को नमन करता है उन्होंने कहा कि भारत हर प्रकार के आतंकवाद के खात्मे के लिए दृढ़ संकल्पित है प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीद जवान असाधारण व्यक्तित्व के थे जिन्होंने देश की सेवा और सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान किया उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीते वर्ष पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत को नमन किया है जिला पंचायत चुनाव प्रदेश के सभी जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आज हुए चुनाव के परिणाम आ गए हैं हालांकि चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़े गए थे लेकिन उम्मीदवारों को अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया था मिली जानकारी के मुताबिक सत्ताईस जिलों में से बीस पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है वहीं सात जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की है राजधानी रायपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी डोमेश्वरी वर्मा ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी ललिता वर्मा को हराकर जीत दर्ज की डोमेश्वरी को बारह और ललिता को चार वोट मिले

श्री बघेल छत्तीसगढ़ में कृषि और उससे संबन्धित क्षेत्र में हुए अभिनवकारी पहल पर अपने अनुभवों को नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के साथ साझा करेंगे साथ ही श्री बघेल आर्थिक मंदी के दौर में छत्तीसगढ़ में बढ़ी खरीदी सहित अन्य मुद्दों की जानकारी भी देंगे वहीं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्रदेश में अध्ययन और शोध की इच्छा भी प्रकट की है किसान क्रेडिट योजना किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के तहत किसानों को तीन लाख रूपये तक के ऋण के लिए अब बैंकों को प्रोसेसिंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा यह सुविधा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पंजीकृत किसानों को दी जा रही है केन्द्र सरकार ने मिशन मोड में किसान क्रेडिट कार्ड परिपूर्णता अभियान भी बीते दस फरवरी से प्रारंभ किया है जो आगामी पंद्रह दिनों तक चलेगा इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को केसीसी का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है

यह इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक जारी रहेगा इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की विविधता में एकता और राष्ट्रीय भावना को सशक्त बनाना है बालोद जिले के गुण्डरदेही में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान पर आयोजित तीन दिवसीय मल्टी मीडिया चित्र प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज सात स्कूलों के छात्रों को गुजरात की कला संस्कृति खान पान और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की जानकारी दी गई इसके अलावा रंगोली और निबंध स्पर्धा का भी आयोजन किया गया इस अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया इधर दुर्ग के चरोदा में स्थित केंद्रीय विद्यालय में इस अभियान के तहत एक समिति का गठन किया गया है समिति के द्वारा हर हफ्ते छात्रों को गुजरात की संस्कृति भाषा रहन सहन पहनावा और पर्यटन स्थल की जानकारी दी जाएगी धान खरीदी राज्य सरकार द्वारा चालू खरीफ विपणन वर्ष में अब तक अटहत्तर लाख उनतीस हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है वहीं धान बेचने वाले किसानों को तेरह हजार छह सौ नौ करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक अवैध धान परिवहन के चार हजार चार सौ बयासी प्रकरण दर्ज कर छियालीस हजार एक सौ चौरानवे टन अवैध धान जब्त किया गया है वहीं धान का अवैध परिवहन करने वाले चार सौ इकतालीस वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर बीस फरवरी कर दी है आकाशवाणी सम्मेलन केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव रवि मित्तल ने आज तमिल असमिया और डोगरी भाषा में आकाशवाणी समाचार वेबसाइट का शुभारंभ किया नई दिल्ली के रंग भवन में आकाशवाणी क्षेत्रीय समाचार एकांशों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इन वेबसाइटों की शुरूआत की गई श्री मित्तल ने बेहतर समन्वय और कार्यक्शलता के लिए श्रोताओं विज्ञापनदाताओं और विभिन्न क्षेत्रीय समाचार एकांशों के साथ संपर्क बढ़ाने का सुझाव दिया आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि आकाशवाणी समाचार विश्वसनीयता के लिए लोकप्रिय है और यह सूचना के प्रसार में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है श्रीमती जोशी ने बताया कि आकाशवाणी समाचार चौबीसों घंटे का एफएम समाचार चैनल आरंभ करने की प्रक्रिया में है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव ने छियालीस क्षेत्रीय समाचार एकांशों के प्रतिनिधियों और विदेशी संवाददाताओं से भी बातचीत की दो दिन का यह सम्मेलन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में सर्वोत्तम तरीकों पर विचार विमर्श के लिए आयोजित किया गया है रसोई गैस सिलेंडर कीमत केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में रसोई गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप तय की जाती हैं और वर्तमान में इसमें हुई बढोत्तरी भी इसी कारण से है पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि पिछले महीने एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी आने के कारण रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में एक सौ चवालीस रूपये पचास पैसे की वृद्धि की गई चूंकि सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी देती है इसलिए ग्राहकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रति सिलेंडर दी जा रही एक सौ चौव्वन रुपये की सब्सिडी बढ़ाकर अब दो सौ इंक्यानवे रुपये कर दी है इस कारण रसोई गैस के सब्सिडी प्राप्त उपभोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने का कोई असर नहीं पड़ेगा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी एक सौ पचहत्तर रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़कर तीन सौ बारह रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है मैराथन तैयारी जल जंगल और नदी के संरक्षण के लिए बलौदाबाजार जिले में आयोजित होने वाली मैराथन की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं इस भैराथन का नाम प्रदेश की जीवनदायिनी नदी महानदी पर रखा गया है महानदी मैराथन का आयोजन सोलह फरवरी को सुबह सात बजे से असनीद गांव के पास किया जाएगा मैराथन में भाग लेने अब तक साढ़े तीन हजार से अधिक प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया है इसमें प्रदेश के अलावा तेरह अन्य राज्यों के धावक भी भाग लेंगे साथ ही सीआरपीएफ बीएसएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान भी मैराथन में दौड़ लगाएंगे मैराथन में महिला और पुरूष के लिए तीन अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं मैराथन के बाद पतंग उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें मुंबई से आए पतंगबाजों की टीम बलार जलाशय के पास आकर्षक पतंगों का संचालन करेगी ई क्लास रूम प्रदेश में पहली बार चार हजार तीन सौ तीस हायर सेकेण्डरी और हाई स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ई क्लास रूम और लैब की स्थापना की जा रही है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन स्कूलों में शिक्षा अब ब्लैक बोर्ड की बजाय की बोर्ड की ओर अग्रसर हो रही है अब तक बारह जिलों के सात सौ पच्चीस विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब और सोलह जिलों के अट्ठारह सौ चौहत्तर स्कूलों में डिजिटल क्लास रूम की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है प्रथम चरण में सात जिलों के तेरह सौ सात विद्यालयों के साढ़े दस हजार शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है दूसरे चरण में नौ जिलों के बारह सौ बयानवे विद्यालयों में हार्डवेयर की स्थापना की जा चुकी है बाकी बचे जिलों में हार्डवेयर स्थापना का कार्य जारी है

इन पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित था मिली जानकारी के अनुसार मर्दापाल थाने से जिला पुलिस बल और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इसी दौरान कोटमेट और तुमड़ीवाल के जंगलों में घेराबंदी कर माओवादी मनीराम कोर्राम और रायधर कश्यप को गिरफ्तार किया गया इन दोनों पर विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है संक्षिप्त समाचार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के केंद्रीय चिकित्सालय बिलासपुर में आज निःशुल्क पेसमेकर जांच शिविर आयोजित किया गया इस शिविर में हृदय रोग के एक सौ सैंतीस मरीजों के पेसमेकर की जांच की गई जांजगीर चांपा जिले के कापन गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई दुर्ग शहर में दो दिन पहले ज्वेलर्स दुकान में तीन करोड़ रूपये के आभूषण चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है उसके पास से आभूषण भी बरामद कर लिया गया है